अब तक प्राप्त हुये कुल नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने सात सीटों पर और भाजपा समर्थित अपना दल ने एक सीट पर जीत दर्ज की है दो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गयी हैं

सपा के चौधरी रूद्रसेन तीसरे और बसपा के चौधरी इरशाद चौथे स्थान पर रहे अलीगढ़ की इग्लास विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा है

इससे पहले यह सीट भाजपा के पास थी

इस तरह भाजपा ने यह सीट बरकरार रखी है

बसपा प्रत्याशी रमेश गौतम तीसरे स्थान पर रहे भाजपा ने लखनऊ कैण्ट विद्यानसभा सीट बरकरार रखी है भाजपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र तिवारी ने सपा के मेजर आशीष चतुर्वेदी को पैंतीस हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया

यहां सपा तीसरे स्थान पर रही

यहां बसपा तीसरे स्थान पर रही रामपुर सीट से सपा की तंजीन फातिमा ने भाजपा के भारत भूषण गुप्ता को हराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्विानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है भारत और पाकिस्तान ने आज करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए डेरा बाबा नानक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जीरो प्वाइंट पर हस्ताक्षर समारोह में विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी तथा पंजाब सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही करतारपुर साहिब गलियारे के ग्रुमारम की औपचारिक रूपरेखा तय हो गई है समझौते के अनुसार सभी धर्मों के भारतीय श्रद्वालु और भारतीय मूल के लोग करतारपुर साहिब दर्शन के लिए वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने बताया कि श्रद्वालुओं को अपने साथ केवल एक कैद पासपोर्ट लाना होगा करतारपुर कॉरिडोर सुबह सूर्योदय से शाम तक खुला रहेगा सुबह आने वाले श्रद्वालुओं को उसी दिन शाम को लौटना होगा प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया इस अक्सर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहुत जीवंत समाचार व्यवस्था होगी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रसार भारती न्यूज सर्विस जो है हमारा प्रसार भारती में ये कुछ दो तीन साल पहले हम सोचा था कि ऐसा एक व्यवस्था या संस्था हमारे प्रसार भारती के अंदर होना चाहिए आज इस दफ्तर का उद्घाटन जो हुआ है मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा ये कदम है और आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए ये न्यूज पलो जो है ये प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस आगे समय में देखेगा मैं समझता हूं इसका भविष्य बहुत उज्जावल है